प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में अधिक धनराशि की जरूरत पड़ती है उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश का पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है मगर बेहतर हवाई व रेल संपर्क न होने के कारण इसमें कठिनाई हो रही है मुख्यमंत्री ने मण्डी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता देने का भी आग्रह किया जयराम ठाकूर ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल डिवासिज मैन्युफैक्चरिंग पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए प्रयास जारी हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पानी वन और जमीन का संरक्षण व संवर्धन प्राथमिकता से करने पर बल दिया है अपने दो दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान आज पूह में उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएँ शुरू की गई हैं जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए

अन्राग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है हमीरपुर जिले में सुजानपुर क्षेत्र के पटलांदर में आज आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं

वीरेन्द्र कंवर पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक केदम उठाए जा रहे हैं ऊना जिले के बसाल में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को मंडी टैक्स से छुटकारा मिलेगा कंवर ने कहा कि किसानों को बहुद्देशीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और टीकाकरण के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को टीकाकरण करवाने के लिए आगे आना चाहिए

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा है कि पार्टी किसानों के साथ ँखड़ी है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा धर्मशाला में आयोजित कार्य सभिति की बैठक में इस संबंध में पारित प्रस्ताव का कांग्रेस विरोध करती है उन्होंने कहा कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में बढ़ती महंगाई बेरोज़गारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था से उभरने के उपायों के साथ साथ कोरोना काल में हुए कथित भ्रष्टाचार पर भी कोई चर्चा नहीं की गई मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि लाहौल स्पीति में विंटर स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये ज़िला विंटर दूरिज्म का हब बनेगा लाहौल घाटी के खंगसँर में आयोजित स्नो फैस्टिवल में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही खाची ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीतकालीन खेले आयोजित करने के लिए अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान को मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया है